गुजरात के जामनगर में आज विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि पूरा देश इस बात पर सहमत है कि आंतकवाद को खत्म करना ही होगा श्री मोदी ने कहा कि हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व करना चाहिए उन्होंने कहा कि आतंकी शिविरों पर हाल के हवाई हमले के समय भारत के पास राफाल विमान होते तो देश के लिए नतीजा और भी सकारात्मक होता आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम चलाया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि गुजरात में अनेक वर्षो तक पानी की कमी का मुद्दा रहा है और राज्य में सूखे की स्थिति बनी रहती थी लेकिन सरदार सरोवर बांध से राज्य के लोगों को बड़ी राहत मिली है उन्होंने कहा कि पिछली राज्य सरकारों की उपेक्षा और विभिन्न पक्षों के प्रतिकूल रवैये के बावजुद यह परियोजना पूरी कर ली गई इससे पहले प्रधानमंत्री ने जामनगर में गुरू गोबिंद सिंह अस्पताल की साढ़े सात सौ बिस्तर वाली एनेक्सी का उद्घाटन किया श्री मोदी ने अस्पताल के नवनिर्मित पीजी हॉस्टल का भी उद्घाटन किया

उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेनाएं देश की रक्षा के लिए संकल्पदद हैं और वायुसेना ने यह सिद्व करके दिखा भी दिया है श्री कोविंद ने कहा कि देश ने सशस्त्र सेनाओं के साहस और समर्पण भावना को हाल में देखा है राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय वायुसेना व्यापक रूप से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में है उन्होंने मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यो में आगे रहने के लिए वायुसेना की प्रशंसा की श्री कोविंद कोयम्बदूर के निकट सुलूर में आज सवेरे एक कार्यक्रम में बोल रहे थे जहां उन्होंने फाइव बेस रिपेयर डिपो और हैदराबाद के निकट हाकिमपेट केन्द्र को उल्लेखनीय कार्य के लिए ध्वज प्रदान किए इस अवसर पर वायुसेनाध्यक्ष एयरचीफ मार्शल बिरेन्दर सिंह धनोआ ने अपने संबोधन में इन खबरों का खंडन किया है कि छबीस फरवरी को बालाकोट पर किए गए हवाई हमले में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने में सफलता नहीं मिली बाद में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इसलिए बदले की कार्रवाई की कोशिश की क्योंकि भारतीय वायुसेना को अपनी कार्रवाई में सफलता मिल रही थी

लोकसभा से इस सम्बन्ध में विधेयक पारित होने लेकिन राज्यसभा की मंजूरी न मिलने के कारण अध्यादेश लाना जरूरी हो गया था पिछले सप्ताह मंत्रिमंडल ने आधार और दो अन्य कानूनों में प्रस्तावित परिवर्तन लागू करने के लिए अध्यादेश जारी करने को मंजूरी दी थी इन संशोधनों में आधार के उपयोगके निर्धारित नियमों और निजता के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माने का प्राक्षान किया गयाहै अध्यादेश में आधार अधिनियम से सम्बन्धित बदलावों को प्रभावी बनाया गया है

विभिन्न जिलों में स्थित शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्वालुओं की लम्बी लम्बी कतारें देखी जा रही है सर्वधिक आकर्षण का केन्द्र बारह ज्योर्तिलिगों में से एक वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर है पूरे शहर में श्रद्वालुओं का जमघट है इस अवसर पर जगह जगह शिव बारात का भी आयोजन किया जा रहा है गोरखपुर अयोध्या गोण्डा बाराबंकी मथुरा चित्रकूट और लखीमपुर खीरी के मशहूर शिव मंदिरों में भी बड़ी संख्या में श्रद्वालु एकत्रित हैं इस अवसर पर मंदिरों के आसपास सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गयी है सोमवार का दिन होने के नाते महाशिवरात्रि का विशेष महात्म है प्रयागराज में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर तड़के से ही श्रद्वालु स्नान कर रहे हैं महाशिवरात्रि पर स्नान पर्वो के साथ साथ कुम्म मेला सम्पन्न हो रहा है पन्द्रह जनवरी मकरसंक्राति से पचपन दिन तक चले विश्व के सबसे बड़े जन समागम कुम्म मेले के दौरान अब तक बाईस करोड़ श्रद्वालु संगममें स्नान कर चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाशिवरात्रि की बघाई दी है उन्होंने अपने संदेश में लोगों के जीवन में सुख शांति और समृद्वि की कामना की है प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई दी है